निर्वाचन आयोग ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया

अब समाचार विस्तार से संबल योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संबल योजना के अंतर्गत गरीब लोगों के लिये मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना और सरल बिजली बिल योजना कारगर साबित हो रही है श्री चौहान ने बताया कि कल सभी जिलों में बिजली बिल माफी प्रमाण पत्र देने और नये हितग्राहियों का पंजीयन कराने के लिये जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा मुख्य कार्यक्रम रतलाम जिले के जावरा में आयोजित होगा वे स्वयं जावरा से पूरे प्रदेश के हितग्राहियों को संबोधित करेंगे श्री चौहान ने सभी संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की उन्होंने कहा कि ग्यारह जुलाई के बाद बिजली बिल माफी और पंजीयन की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी निर्वाचन समीक्षा निर्वाचन आयोग ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की भारत निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त चन्द्रभूषण कुमार संदीप सक्सेना और संचालक आईटी बीएन शुक्ला ने दो अलग अलग बैठकों में चुनाव तैयारियों का जायजा लिया भोपाल स्थित संभाग आयुक्त कार्यालय में हुई बैठक में उपचुनाव आयुक्त श्री सक्सेना ने कहा कि निर्वाचन कार्य में अतिरिक्त सजगता और सतर्कता जरूरी है चुनाव को बिना किसी व्यवधान के सम्पन्न करवाना चुनौतीपूर्ण तो है लेकिन मुश्किल नहीं है निर्वाचन आयोग के निर्देशों का यदि पूरी तरह पालन कराया जाये तो निष्पक्ष चुनाव कराने में कोई कठिनाई नहीं होगी उप चुनाव आयुक्तों ने राज्य निर्वाचन कार्यालय में हुई बैठक में निर्देश दिये कि तीन साल से एक ही स्थान पर पदस्थ निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारी और कर्मचारियों का पन्द्रह जुलाई तक अनिवार्य रूप से तबादला किया जाये आयोग के अधिकारियों ने ईवीएम और वीवीपैट मशीन की प्रकिया की जानकारी मतदाताओं को देने के लिए मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया ये रथ इक्यावन जिलों में दस अगस्त तक भ्रमण कर मतदाताओं को जागरूक करेंगे भोपाल जेल भोपाल केन्द्रीय जेल में चार महिला कैदियों सहित बयालीस कैदियों को पैरा मेडिकल कोर्स कराया जा रहा है ताकि उन्हें जेल से रिहा होने के बाद रोजगार के लिए नहीं भटकना पड़े और वे अपने परिवार की परवरिश ठीक ढंग से कर सके देश में यह संभवतः पहली जेल है जहॉ बंदियों को पैरा मेडिकल कोर्स कराया जा रहा है तीन महीने का ये कोर्स एक जून से शुरू हो गया है शुरूआती दिनों में बंदियों को इंजेक्शन लगाना और ड्रिप चढ़ाना सिखाया जा रहा है

अनुपपुर नगरपालिका परिषद शिवपुरी जिले के नरवर नगर परिषद सीधी जिले के चुरहट बैतुल के भैंसदेही और रायसेन के साँची में आम निर्वाचन होगा नगर परिषद करनावद देवास और खिलचीपुर राजगढ़ में उप निर्वाचन होगा नगर परिषद् करही पांडल्याखुर्द जिला खरगोन सिरमोर जिला रीवा और लांजी जिला बालाघाट में अध्यक्ष को पद से वापस बुलाये जाने के लिए निर्वाचन होगा इसके साथ ही नगरपालिक निगम भोपाल सहित उन्नीस नगरीय निकायों में एक एक पार्षद के लिए उप निर्वाचन भी होगा आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग आर परशुराम ने बताया है कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य कल से शुरू होगा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख अठारह जुलाई है नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा उन्नीस जुलाई को होगी नाम वापिस लेने की अंतिम तारीख इक्कीस जुलाई है

मतदान तीन अगस्त को और मतगणना सात अगस्त को होगी

उन्होंने कहा कि शहीद रंजीत भारत मॉ के सच्चे सपूत थे उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहूति दी उनकी शहादत को हमेशा याद किया जायेगा मुख्यमंत्री ने शहीद सैनिक के परिजनों को ढांढस बंधाया और उन्हें एक करोड़ रूपये की सम्मान निधि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के साथ ही दतिया शहर में एक आवासीय फ्लेट देने और शहीद की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा भी की संसदीय कार्यमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सांसद प्रभात झा और भागीरथ प्रसाद ने भी शहीद सैनिक को श्रद्दासुमन अर्पित किये संयुक्त अभियान मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में अपराधों पर नियंत्रण के लिए दोनों राज्यों की पुलिस संयुक्त अभियान चलाएंगी उत्तरप्रदेश की सीमा से लगे भिंड जिले के फूप में दोनों प्रदेशों की पुलिस की बैठक आयोजित की गई बैठक में तय किया गया है कि सीमाओं से होने वाली हथियारों की तस्करी को बंद किया जाएगा इसके लिए सीमावर्ती थाना प्रभारियों द्वारा सतत निगरानी कर अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा दोनों राज्यों की पुलिस तालमेल बनाकर विभिन्न मामलों में फरार घूम रहे आरोपियों को पकड़ेगी बैठक में भिण्ड जिले के अटेर और फूप और उत्तरप्रदेश के इटावा जिले के बडपुरा सहसों उदी मोड़ और सुरपुरा थानों के पुलिस अधिकारी शामिल हुए जनसंख्या दिवस कल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जायेगा प्रदेश में इस दिन नागरिकों को सीमित परिवार के फायदे समझाने और परिवार नियोजन की सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिये चौबीस जुलाई तक जागरूकता पखवाड़ा मनाया जायेगा पखवाड़े के दौरान विभिन्न स्तरों पर परिवार नियोजन संबंधी सेवाएँ दी जायेंगी भारत सरकार ने कुल प्रजनन दर तीन या तीन से अधिक वाले प्रदेश के पच्चीस जिलों में मिशन परिवार विकास कार्यक्रम भी शुरू किया है मौसम बारिश राज्य सरकार ने मौसम विभाग की प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी के मद्देनजर नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है मुख्यमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि राज्य में मानसून सक्रिय है अगले चौबीस घंटों में भारी वर्षा की आशंका बतायी जा रही है जिससे बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं सरकार ने ऐहतियातन आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं और नागरिकों को भी सतर्क रहने को कहा है स्थानीय मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में आगामी एक दो दिनों में खंडवा खरगोन बुरहानपुर बैतूल छिंदवाड़ा सिवनी बालाघाट मंडला अलीराजपुर बड़वानी देवास रायसेन और कुछ अन्य जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है इसके अलावा शेष जिलों में भी बारिश की संभावना जतायी गयी है

वे आज यहां एक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे

निर्वाचन आयोग ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया